आज महाराष्ट्र में सोलापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत के लिए प्रतिबद्ध है

उन्होंने कहा कि इससे समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को और गति मिलेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अन्य वर्गो के आरक्षण को बिना छेड़े सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को आरक्षण का लाभ देने जा रहे हैं नागरिकता अधिनियम संशोधन विधेयक के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के लोगों को भरोसा दिलाया कि उनके हितों की भी रक्षा की जाएगी श्री मोदी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि कल लोकसभा में पारित दोनों विधेयक आज राज्यसभा में भी पारित हो जाएंगे मूख्यमंत्री पेमा खांड्र ने सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में दस प्रतिशत आरक्षण देने के केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक करार दिया है आज उन्होंने कहा कि एक सौ चौबीसवां संविधान संशोधन विधेयक लोक सभा में पारित होने से प्रत्येक गरीब व्यक्ति को सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए हर संभव अवसर प्राप्त होंगे श्री खांडू ने कहा कि प्रधानमंत्री का सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र सही मायनो में साकार हुआ है उन्होंने कहा कि इससे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्येक भारतीय की भागीदारी बढ़ेगी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस का उद्देश्य बंगलादेश अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आये धार्मिक अल्पसंख्यको को भारत की नागरिकता प्रदान करना है यह विधेयक नागरिकता अधिनियम उन्नीस सौ पचपन में संशोधन से संबंधित है गृहमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा स्थिति के संदर्भ में आश्वासन दिया कि भारतीयों के हितों और उनकी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा की जाएगी श्री सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर से कल छिटपुट हिंसा की कुछ खबरें आई थी लेकिन अब स्थिति सामान्य है उन्होंने कहा कि इस विधेयक के बारे में लोगों को गुमराह करने की कोशिशे की जा रही है श्री सिंह ने सदन को आश्वासन दिया कि सरकार पूर्वोत्तर के लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है गृहमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने असम समझौते को लागू करने के लिये कई उपाय किये है इससे पहले इस विधेयक को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष के विरोध के कारण सदन की कार्रवाई दो बार स्थगित की गयी सवेरे कार्यवाही शुरु होते ही कांग्रेस सदस्य विधेयक का विरोध करने लगे उनका कहना था कि समूचा पूर्वोत्तर इस विधेयक को लेकर चिंतित है सदन के नेता अरुण जेटली ने आश्वासन दिया कि विधेयक पर चर्चा के दौरान सभी आशंकाओं का समाधान किया जाएगा